राज्य के पंजीयन कार्यालय अब अट्ठाईस अप्रैल तक बंद रहेंगे

परिषद खराब किटों की जांच करेगा इस अवसर पर चौथे अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष ने बताया कि स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वयंसेवियों का केन्द्रीकृत डेटाबेस तैयार करने के लिए वेबसाइट बनायी गयी है अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कोरोना के प्रबंधन के लिए सत्रह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में पन्द्रह हजार आयुष पेशेवरों को जोड़ा गया है इसके अलावा एक लाख से ज्यादा के आयुष पेशेवर और पन्द्रह हजार आयुष विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और वे अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज नई दिल्ली में कहा कि तेईस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के इकसठ जिलों में पिछले चौदह दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है देश में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना के एक हजार तीन सौ छत्तीस नये मरीजों के सामने आने के साथ ही कोविड उन्नीस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर अट्ठारह हजार छह सौ एक हो गई है अब तक तीन हजार दो सौ बावन मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छट्टी दी जा चुकी है और कोरोना संक्रमण से पांच सौ नब्बे रोगियों की मौत हुई है लॉकडाउन दिशा निर्देश केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए लॉकडाउन के दौरान राज्य में अधिक संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति को लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं इस बीच राज्य शासन ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों से बाहर और ट्रांसपोर्ट नगर के समीप चुंनिदा स्थानों पर स्थापित भोजनालय और ढाबो के साथ ही ट्रक मरम्मत की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए हैं परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इन ढाबा और भोजनालय से भोजन केवल पार्सल करवा कर लिया जा सकेगा यहां बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं होगी इन ढाबा और भोजनालयों के साथ ही ट्रक मरम्मत दुकानों में स्वच्छता और सोशल डिस्टेसिंग के मापदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा कोरोना गृह मंत्रालय मीडिया केन्द्रीय गृह मंत्रालय लॉकडाउन उपायों को लागू करने की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है मंत्रालय की अधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जहां लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है वहां राज्यों के साथ विचार विमर्श के साथ उपयुक्त उपाय किए जायेंगे उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने राज्यों को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा है और कहा है कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत दिशा निर्देशों का कडाई से पालन किया जाए इस बीच केन्द्र सरकार ने सभी समाचार पत्रों और मीडिया प्रतिष्ठानों को कोविड उन्नीस महामारी के मद्देनजर मीडियाकर्मियों की समूचित स्वास्थ्य रक्षा सुनिश्चित करने का परामर्श भी दिया है सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट संदेश में कहा है कि यह बहुत ही दुखद है कि मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पचास से ज्यादा पत्रकार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं उन्होंने कहा कि हर एक पत्रकार को समुचित सावधानी बरतनी चाहिए लोक सेवा दिवस आज लोक सेवा दिवस है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी लोक सेवकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी है इधर मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने भी लोक सेवकों और उनके परिजनों को लोक सेवा दिवस की बधाई दी है

इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ आरोग्य सेतु एप विकसित की है इसके शुरू होने के केवल अट्ठारह दिन में लगभग सात करोड लोगों ने इसे डाउनलोड किया है ये एप रेडियो सिग्नल तकनीक पर काम करता है और उपयोग करने वाले व्यक्ति के किसी भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आने पर अलर्ट करता है वन मंत्री तेन्दूपत्ता खरीदी वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि लॉक डाउन के दौरान वनांचल क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं वनमंत्री ने बताया कि इसके तहत तेन्द्रपत्ता खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इसके लिए राज्य में तेरह लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को लगभग छह सौ पचास करोड़ रूपए की संग्रहण राशि का भुगतान किया जाएगा वन मंत्री ने बताया कि राज्य में अभी तेईस लघु वनोपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है इसमें महुआ फूल की खरीदी दर बढ़ाकर तीस रूपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है

बताया जाता है कि सूरजपुर जिले के रहने वाले चार मजदूर उत्तरप्रदेश के गोरखपुर में काम करते थे लॉकडाउन के दौरान काम नहीं मिलने से ये मजदूर रेलवे पटरी पर पैदल चलते हुए सूरजपुर की ओर आ रहे थे इसी बीच आज सुबह करीब चार बजे उदलकछार और दर्शटोला रेलवे स्टेशन के बीच इनमें से दो मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आ गए और दोंनों की मौके पर ही मौत हो गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन श्रमिकों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की है उन्होंने जिला प्रशासन को मृतकों के परिवारजनों को त्वरित आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं वहीं तेलंगाना से पैदल बीजापुर स्थित अपने घर लौट रही एक बारह साल की बच्ची की भी मौत हो गई है लगभग सौ किलोमीटर का सफर तय कर यह बालिका अपने गृहग्राम पहुंचने वाले थी लेकिन गांव पहुंचने से करीब चौदह किलोमीटर पहले ही इसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मृत्यू हो गई मिली जानकारी के मुताबिक आदेड़ गांव की रहने वाली कुमारी जमलो मड़कम गांव के अन्य लोगों के साथ रोजगार की तलाश में तेलंगाना पेरूर गांव गई थी जहां यह मिर्ची तोड़ने का काम करती थी लॉकडाउन के बाद रोजगार मिलना बंद हुआ तो बीते पन्द्रह अप्रैल को यह बालिका अन्य ग्यारह ग्रामीणों के साथ पैदल ही अपने गांव के लिए निकल पड़ी इस बीच अट्ठारह अप्रैल को इस बच्ची की तबीयत बिगड़ी और बीजापुर के भंडारपाल गांव के पास इस बालिका ने दम तोड़ दिया घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची ऐहतियात के तौर पर बालिका के शव का कोरोना टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बालिका की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने बालिका के परिजनों के लिए पांच लाख रूपए की आर्थिक सहायता मंजूर की है साथ ही मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को इस मामले की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं

इसके पहले पंजीयन कार्यालय को इक्कीस अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया गया था लेकिन अब इसे बढ़ाकर अट्ठाईस अप्रैल कर दिया गया है

रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारती दासन ने स्पष्ट किया है कि रायपुर जिला हॉटस्पॉट और कंटेन्मेंट जोन घोषित नहीं किया गया है कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि अब ई कामर्स कम्पनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की डिलिवरी के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर संचालन की अनुमति होगी कलेक्टर ने यह भी बताया कि स्वयं कार्य करने वाले व्यक्तियों जैसे कि इलेक्ट्रेशियन मोटर मैकेनिक प्लम्बर आईटी रिपेयर बढई को कार्य करने की अनुमति दी गई है उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य पदार्थो दूध और दूध उत्पादों जैसे खोयापनीरदही इत्यादि की बिक्री के लिए दुकानों के संचालन की अनुमति पहले से ही प्राप्त है वहीं खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर स्थित अपने आवास से जरूरतमंदों के लिए छाछ से भरे ट्रक को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस छाछ का वितरण रायपुर शहर के विभिन्न इलाकों में जरूरतमंदों को किया जाएगा इस बीच आज दुर्ग नगर में लॉकडाउन के पालन करने का संदेश देते हुए जिला पुलिस बल ने साइकिल रैली निकाली यह रैली आज शाम सुपेला के नगर घड़ी चौक से शुरू हुई और सुपेला मार्केट का भ्रमण अधिकारी भी करने के साथ ही दुर्ग शहर पहुंची इसमें सभी थानों के निरीक्षक सहित वरिष्ठ पुलिस शामिल हुए उधर बालोद में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में वार रूम बनाया है यहां से पूरे जिले की निगरानी की जाएगी

प्रशासन ने सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ ही मास्क और सैनिटाईजर का इस्तेमाल सुनिश्चित करते हुए कामकाज निपटाने की सलाह दी वहीं इसी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीणों को काम दिया जा रहा है जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तनूजा सलाम ने बताया कि योजना के तहत कार्य करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक दूरी का पालन करना और मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है साथ ही उन्हें श्रमिकों के लिए सैनिटाईजर का इस्तेमाल करना भी जरूरी है जिले के आठ सौ अधिक ग्राम पंचायतों में योजना के तहत कार्य किया जा रहा है राजनांदगांव में आज फ्लाईओवर के नीचे सब्जी व्यवसायी बाजार लगाकर बैठ गए थे इस पर जिला कलेक्टर जेपी मौर्य ने नाराजगी जताते हुए उन्हें तत्काल से मौके से हटाया क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण का खतरा पैदा हो रहा था उधर बालोद कलेक्टर रानू साहू और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के अगुवाई में आज नगर में प्लैग मार्च किया गया इस दौरान लोगों को लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करने को कहा गया जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पैदल ही इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए यह फ्लैग मार्च नगर के चौक चौराहों से होता हुआ जयस्तंभ चौक पहुंचा केन्द्र जन धन योजना लॉकडाउन के दौरान लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए केन्द्र सरकार उन्हें अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं छत्तीसगढ़ में अनेक गरीब परिवार जरूरतमंद और ग्रामीणजन केन्द्र सरकार के इन कदमों से लाभान्वित हुए हैं कोरिया जिले के ग्राम भांडी की रहने वाली कविता साहू ने बताया कि उनके खाते में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत राशि आई है जिससे उन्हें काफी राहत मिली है

मुंगेली जिले के भालापुर गांव के शत्रुहन प्रसाद साहू ने इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है

कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं इससे आंगनबाड़ी केन्द्रों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी दुर्ग जिले में भी आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चों के पालक तक डिजिटल कंटेट पहुंचा दिया गया है बच्चों के पालकों का वाट्सऐप ग्रूप बनाकर इसे शेयर किया जा रहा है यह पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ी भाषा में है और इसे मनोरंजक ढंग से तैयार किया गया है जिससे बच्चे काफी खुश है जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि बच्चों के मानसिक विकास में डिजिटल प्लेटफॉर्म की यह योजना काफी कारगार साबित हो रही है

रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के मुताबिक एक सिस्टम के सक्रिय होने की वजह से राज्य के अधिकतर इलाकों में बे मौसम बारिश हो रही है आज सरगुजा जिले की कई जगहों पर करीब डेढ़ घंटे तक तेज हवाओ के साथ बारिश हुई इस दौरान कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी खबर है अंबिकापुर में बारिश होने से बिजली व्यवस्था भी बाधित हुइ है वहीं रायगढ़ जिले में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई घरघोड़ा में कई स्थानों पर होर्डिग्स और पेड़ गिर गए हैं मुंगेली जिले में बीती रात से ही भारी बारिश होने और ओले गिरने की खबर मिली हैं कोरिया जिले में भी तेज बारिश और आंधी तूफान के कारण कई गांवों में घरों के क्षतिग्रस्त होने का समाचार मिला है विधायक अंबिका सिंहदेव ने अमहर गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और प्रशासनिक अधिकारियां को नुकसान का आंकलन कर मुआवजा देने के निर्देश दिए वहीं धमतरी जिले के अधिकांश स्थानों पर भी कल तेज बारिश हुई और ओले गिरे बे मौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को न्कसान होने की आशंका है

मिली जानकारी के मुताबिक इससे कई एकड़ क्षेत्रों में लगी धान गेहूं और सब्जी की फसलों को नुकसान हुआ है कृषि विभाग की टीम फसलों के नुकसान का आंकलन कर रही है इतना ही नहीं बारिश होने से अनेक गांवों में बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई है सत्तर से अधिक बिजली के खंभे गिर गए हैं इसी तरह कबीरधाम जिले में भी आज तड़के तेज हवाओं के साथ बारिश हुई जिससे जगह जगह पेड़ उखड़ गए